इस विधेयक के पारित हो जाने से केन्द्र सरकार को आतंकी गतिविधियों से किसी भी रूप में जुड़े व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करने की शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी

विधेयक में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक को यह अधिकार दिया गया है कि वे एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में अभियुक्तों या संगठनों की सम्पत्ति की कुर्की का भी आदेश जारी कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यायिक मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया कि वह आपराधिक मामलों में अभियुक्तों को अपनी आवाज के नमूने जांच एजेंसियों को देने का निर्देश दे सकते हैं दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अब तक अभियुक्त अपनी आवाज के नमूने देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं थे

राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा नमूना का विशलेषण किया जा रहा है लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तुलसी राम सिलावट ने उज्जैन में अभियान की समीक्षा करते हुये कहा कि मिलावट खोरों को आम आमदी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जायेगी उन्होंने कहा कि मिलावट खोरों की सूचना देने वाले को इनाम दिया जायेगा साथ ही उसका नाम गुप्त रखा जायेगा स्कूल मान्यता प्रदेश के निजी स्कूलों की नवीन मान्यता और नवीनीकरण के लिये कल तीन अगस्त तक आवेदन किये जा सकेंगे लोक शिक्षण आयोग ने कहा है कि निजी स्कूलों द्वारा भेजे गये आवेदन में दिये गये मोबाइल नम्बर और ई मेल पर नवीन मान्यता नवीनीकरण माध्यम वृद्धि अथवा विषय वृद्धि के प्रकरण मान्यता समिति द्वारा विचार के बाद अमान्य कर दिये जाने की सूचना भेज दी गई है

अभियान के तहत रायसेन जिले के गैरतगंज स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में कल शिविर आयोजित किया गया है इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी और जिले के प्रभारी मंत्रह हर्ष यादव शामिल होकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे अभियान में प्रभारी मंत्री विधायक और कलेक्टर माह में एक बार जिले के किसी एक गांव में पहुंचकर वहां शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेंगे और जिले के एक विकासखंड में जन समस्या निवारण शिविर में पहंचकर प्राप्त आवेदनों का मौके पर ही निराकरण करेंगे आपकी सरकार आपके द्वार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है मौसम बारिश प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है

विभाग के अनुसार दो दिन बाद बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है

इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की तीव्रता कम होने से नदी नालों का उफान कम हो रहा है

सर्वाधिक वर्षा भोपाल जिले में और सबसे कम वर्षा सीधी जिले में दर्ज हुई है आधिकारिक जानकारी के अनुसार सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिलों में भोपाल रतलाम शाजापुर मंदसौर नीमच खण्डवा शामिल हैं वहीं अनूपपुर सिवनी छतरपुर शहडोल पन्ना को अभी भी अच्छी बारिश की उम्मीद है